इस उपलक्ष्य में राज्यस्तरीय समारोह शिमला के पीटरहॉफ में होगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी समारोह में मौजूद रहेंगे उल्लेखनीय है कि हर वर्ष पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ये आयोजन नहीं हो पाया था रोहतांग वाहन विश्व की सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग में यातायात व्यवस्था के संबंध में सीमा सड़क संगठन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं टनल में प्रतिदिन दो घंटे वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा

इस दौरान धूंघी और चंद्रापुल से आगे यातायात की अनुमति नहीं होगी इसके अलावा टनल से पैट्रोल डीजल एलपीजी सिलेंडर और अन्य विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी सुरंग की सुरक्षा के लिए नॉर्थ पार्टल में लाहौल स्पिति और साउथ पार्टल में कुल्लू पुलिस तैनात रहेगी वित्त मंत्रालय रिपोर्ट वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए किये गये महत्वपूर्ण बुनियादी सुधारों से अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत होंगे और इनका दीर्घकाल में लाभ मिलेगा आर्थिक मामले विभाग की वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नीतियों से माहौल में सुधार होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना का दोहन किया जा सकेगा केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खतरों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सुधारों के कदम उठाये हैं

शिमला सहित आसपास के पर्यटन स्थलों में बड़ी संख्या में सैलानी सुहावने मौसम का आनंद लेने पहुंच रहे हैं इस दौरान कोविड से बचाव को लेकर नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है उधर प्रदेश के समी शक्तिपीठों में भी कल रविवार के दिन काफी संख्या में श्रद्दालुओं ने शीश नवाया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस आज से प्रदेशव्यापी अन्नदाता किसान संवाद का आयोजन करेगी पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि इसके तहत नए कृषि व श्रमिक कानूनों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अटल टनल रोहतांग पर अमर उजाला की सुर्खी है दो महीने तक अटल टनल रोहतांग से पैट्रोल डीजल एलपीजी ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक पंजाब केसरी का शीर्षक हे डीजल पैट्रोल रसोई गैस से लदे वाहने अटल टनल से ले जाने पर पाबंदी दैनिक जागरण के शब्द हैं अटल टनल से डीजल व पैट्रोल के टैंकरों को नहीं मिलेगा प्रवेश आपका फैसला के अनुसार अटल टनल रोहतांग के दीदार को उमड़ा जन सैलाब रोजाना दो घंटे बंद रहेगी सुरंग

नमस्कार